प्रयागराज में पौराणिक महत्व वाले अति प्राचीन अक्षय वट तथा सरस्वती कूप कल से आम जनता के लिये खुले उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिये इस महीने की उन्तीस तारीख की निर्घारित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यू यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का किया जाएगा पुनर्गठन

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बीस लाख रूपये और देश के शेष राज्यों में चालीस लाख रूपये की सीमा तय भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत मिलने पर भी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाना पसंद करेगी यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चलाकर एक नई संस्कृति की राह दिखाई थी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज दी थी उन्होंने कहा कि भाजपा वाजपेयी जी के बताये मार्ग का अनुसरण करेगी ताकि केंद्र और समी राज्य समूचे राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकें रक्षा खरीद के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान बिचौलिये सैन्य साजोसामान की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान कल पौराणिक महत्व वाले अति प्राचीन अक्षय वट तथा सरस्वती कूप का दर्शन और पूजन करने के बाद इसे आम जनता के लिये खोल दिया गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों प्रयागराज आगमन पर इसकी घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने सरस्वती कूप में कराये गये विकास कार्यो का भी लोकार्पण किया इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री योगी ने कहा कि साढ़े चार सौ वर्षो के बाद पहली बार अक्षय वट के दर्शन न केवल प्रयागवासियों बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्वालुओं को भी होंगे उन्होंने कहा वैदिक एवं पैराणिक काल से ही प्रयाग की धरती सम्पूर्ण विश्व को निरन्तर प्रेरणा प्रदान करती आयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के कुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्वालु आते हैं श्री योगी ने कहा कि इस बार का कुंभ अपनी उपलब्धियों के लिये जाना जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के मेला क्षेत्र में एक लाख बाईस हजार पर्यावरण के अनुकूल शौचालय बनाने का जो कार्य किया जा रहा है वह स्वच्छता के अभियान में एक नई गति प्रदान करेगा मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र में मीडिया सेन्टर का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुम को भारत की अध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला समागम कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि कुंभ देश और दुनियामर से सम्मिलित होने वाले पर्यटकों जिज्ञासुओं तथा श्रद्वालुओं के लिये प्रेरणादायक होगा

प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कल प्रयागराज में कुंभ दो हजार उन्नीस के अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के कलाग्राम परिसर का उद्घाटन किया उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने इलाहाबाद संग्रहालय में प्रवेश के लिये कुम मेला दो हजार उन्नीस के विशेष टिकट का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भव्य दिव्य और सुरक्षित कुंभ से उत्तर प्रदेश विश्व के मानचित्र में विशेष स्थान अर्जित करेगा

इस नेत्र कुंभ में ग्रामीण एवं निर्धन परिवार के लोगों के लिए निशुल्क आंखों की जांच और चश्मे की व्यवस्था की गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने नेत्र कुंम में निशुल्क नेत्र रोगों के इलाज के लिये बनी एम्बुलेंस को लखनऊ से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने कहा कि नेत्र कृंष में श्रद्वालुओं के लिये निशुल्क नेत्र जांच एवं जनरल ओपीडी की सुविधा के अतिरिक्त नेत्र रोगियों को एक लाख से ज्यादा चश्मे भी निःशुल्क वितरित किये जायेंगे

विश्व हिन्दी दिवस पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने छात्रों को हिन्दी पढ़ाये जाने और इसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विश्व हिन्दी दिवस पर कल प्रदेशवासियों को हार्दिक बघाई दी उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दी दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये अनुकूल बातावरण तैयार करना है जिससे इस भाषा को अतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान मिल सके उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए इस महीने की उन्तीस तारीख निर्धारित की है मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति यूयू ललित उन्नीस सौ चौरान्नवे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए थे हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यूयू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ के अन्य सदस्य हैं न्यायमूर्ति एसए बोबडे एनवी रमन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री और सीलबंद पचास बक्सों में रखे गए रिकार्ड की जांच करेगा शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इनमें से कुछ दस्तावेज संस्कृत अरबी उर्दू हिन्दी फारसी और गुरमुखी में हैं इसलिए इनका अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है पीठ ने कहा कि इसके लिए अगर जरूरी हुआ तो सरकारी अनुवादकों की सेवाएं ली जा सकती हैं इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ चौदह अलग अलग अपीलें दायर की गई हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने दो दशमलव सात सात एकड़ विवादित भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था छोटे कारोबारियों को राहत देने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाकर परिषद ने चालीस लाख रूपये तक के कारोबार को वस्तु और सेवाकर जी एस टी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह सीमा दस लाख रूपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है पहले पूरे देश में यह सीमा बीस लाख रूपये थी

वन करोड़ फिफ्टी लैक्स तक और क्यांकि कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्यवसायिक आए हैं तो इसको बढ़ाने का एक यह लॉजिक था रेढ करोड़ करने का एक दूसरा लॉजिक भी था कि पुरानी एक्साइज स्कीम में डेढ करोड़ तक उनको छूट थी एक्साइज से श्री जेटली ने कहा कि दोनों फैसलों से सूक्म लघु और मझोले कारोबार को फायदा होगा उन्होंने कहा कि कम्पोजिशन योजना के अन्तर्गत आने वाले अब प्रत्येक तिमाही में कर का भुगतान करेंगे लेकिन रिटर्न साल में केवल एक ही बार दाखिल करना होगा

श्री राठौड़ पुणे के दो दिन के दौरे पर हैं उन्होंने बालवाड़ी खेल परिसर में खेलो इंडिया युवा खेल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया इस दौरान बुद्विजीवि सम्मेलन में उन्होंने सिम्बोयसिस संस्थान के छात्रों से भी बातचीत की संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संसद के शीतकालीन सत्र को सफल बताते हुए कहा कि इस दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर समी राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों ने एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक पास किया जो इस सत्र की विशेष उपलब्धि है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी है इनमें से दो संस्थान जम्मू कश्मीर में खोले जायेंगे एक संस्थान सांबा जिले के विजयनगर में और दूसरा पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में खोला जायेगा